कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें महाकृभ आगाज हरिद्वार महाकृभ की आज से विधिवत श्रुआत हो गई है

मेलाधिकारी दीवक रावत ने बताया है कि मेलाक्षेत्र में सड़क बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा स्विधाओं को बढ़ाया गया है प्लिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल ने कहा कि मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेला नियंत्रण भवन में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है इसके माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगाह रखी जाएगी साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेले में आने वाले श्रद्वाल्ओं की गणना और यातायात व्यवस्था में भी मदद ली जाएगी

मेले की स्रक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय प्लिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स कमांडो दस्ते बम निरोधक दस्ते घ्ड़सवार प्लिस डॉग स्क्वॉड और जल प्लिस तैनात की गई है ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है प्लिस महानिरीक्षक ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर जारी की गई एस ओ पी का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है

सल्ट उपचुनाव अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के उपच्नाव को शान्तिपूर्वक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों मतदान अधिकारी प्रथम और सेक्टरजोनल मजिस्ट्रेटों को ईवीएम और वीवीपैट का प्रथम प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण के दौरान सामान्य पर्यवेक्षक हरगुंजीत कौर ने उपस्थित कार्मिकों को सम्बोधित करते हए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अमल में लाकर मतदान प्रक्रिया पूरी की जाय जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि सभी कार्मिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ करें इस बीच सल्ट विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर राहल शाह ने बताया कि प्रत्याशियों के नामाकंन पत्रों की जांच की गयी जांच के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मोहन उपाध्याय का नाम प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में न होने के कारण उनका नामाकंन पत्र निरस्त कर दिया गया है

पिथौरागढ़ पुरस्कार पिथौरागढ़ जिला पंचायत को दीनदयाल उपाधयाय पंचायत सशक्तिकरण प्रस्कार से सम्मानित किया गया है

इस धनराशि का उपयोग जिला के विकास के लिए किया जाएगा महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने आधार संख्या को पैन नम्बर के साथ जोड़ने की समय सीमा तीस जून तक बढ़ा दी है कोविड महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अन्सार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो रही थी जिसे आगे बढ़ा दिया गया है इसके अलावा सरकार ने लघ् बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है

कोरोना चेकिंग क्छ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के मद्देनजर प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि शासन द्वारा जारी एडवाजरी के अन्सार निर्धारित राज्यों से जिले में आने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे कोरोना परीक्षण की रिपोर्ट अपने साथ रखें और चैकिंग होने पर अवश्य दिखाये उन्होंने कहा कि जिले में वर्तमान समय में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है इसके साथ ही मास्क का उपयोग और सामाजिक द्वरी के मानकों का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाए

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि बाहर से आ रहे लोगों की कोरोना जांच की जाय इसके अलावा उन्होंने कोरोना जांच को बढ़ाने को भी कहा ताकि संक्रमण को कम से कम किया जा सके

इसे देखते हए सभी अधिकारी पहले की तरह तैयारियां दुरुस्त रखें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को जिले की सीमाओं औदयोगिक क्षेत्र और बस्तियों में सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिये उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिये कि फ्रंटलाइन वर्करों का शत प्रतिशत टीकाकरण करना स्निश्चित करें

इसके लिए शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी की हैं राजधानी देहरादून में बनाए गए केन्द्रों पर बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहंचे टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला सुबह से लोग टीकाकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए टीका लगाने वाले व्यक्ति को आरोग्य सेत् एप या कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा इसके बाद लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा टीकाकरण के लिए एक मोबाइल नंबर से चार सदस्यों का पंजीकरण कराया जा सकता है सरकारी अस्पतालों में टीका निशल्क लगेगा जबकि निजी अस्पतालों में इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है टीकाकरण के दौरान लाभार्थी के पास पहचान पत्र होना जरूरी है

जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि दूर दराज के क्षेत्रों में टीकाकरण करने वाले लोगों के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हों उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अन्सार जिले में टेस्टिंग सुविधाएं बढ़ाई जा रही है एसडीएम नरेंद्रनगर को पर्यटक स्थलों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं जिला अस्पताल बौराड़ी के प्रभारी चिकित्साधिकारी अमित राय ने बताया कि टीकाकरण के लिए काफी संख्या में लोग आ रहे हैं टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है

पंजीकरण प्रक्रिया प्री होने के बाद लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है कोविड एप पर पंजीकरण के बाद ही टीका लगाया जा रहा है

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ बीडी जोशी ने बताया कि तहसील बागेश्वर सीएचसी कांडा कपकोट बैजनाथ पीएचसी बनलेख समेत कुल बीस बूथो पर लोगों को टीके लगाए जा रहे है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में टीके हैं वैक्सीनेशन के लिए को विन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को दोपहर तीन बजे तक टीका लगेगा बिना रजिस्ट्रेशन वालों को इसके बाद ही वैक्सीन लगाई जाएगी